मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने पर दे रही है पूरा जोर

इस दल का नेतृत्व कर रहे अतिरिक्त सचिव संजीव कौशिक ने कल स्वास्थ्य विभाग के अंतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह से मुलाकात की यह दल आज जयपुर के रामगंज समेत अन्य प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा इसके अलावा यह दल एसएसएस अस्पताल का दौरा कर सकता है और स्टेट टास्क फोर्स के अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है

उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में भी हर जिले में विशेष जांच प्रयोगशाला और आईसीयू बेड की सुविधाएं बढ़ाने पर काम किया जा रहा है इसके लिए स्थानीय विधायक कोष की क्षेत्रीय विकास निधि का भी उपयोग किया जा सकता है कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह संकट कब तक खत्म होगा इसका कोई अंदाजा इस समय नहीं लगाया जा सकता लेकिन इससे जूझने के लिए पूरी दुनिया देश और प्रदेश में आपसी सहयोग की एक भावना विकसित हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र से राशन का अधिक गेहूं जारी करने का प्रस्ताव दिया है ताकि इस संकट काल में कोई भी व्यक्ति भूख से पीड़ित न रहे

राजस्थान सरकार विशेष प्रयास कर रही है कि मण्डियों में किसानों को उनकी फसल का प्रया दाम मिले और एमएसपी से नीचे खरीद नहीं हो

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि इस मजदूरी दर की बढ़ोत्तरी से कोरोना लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक सम्बल मिलेगा

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रदेश में रूके हुए सड़क विकास कार्य मॉडिफाइड लॉकडाउन में शुरू हो सकेंगे

पीआईबी फैक्ट चेक ने कल इस अफवाह का खंडन किया कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे कीटनाशक को लोगों पर छिडका जा सकता है पीआईबी ने बताया कि ऐसे कीटनाशक का उपयोग केवल उन वस्तुओं को संकमण मुक्त करने के लिए किया जाता है जिन्हें लोगों ने बार बार छुआ हो लेकिन मनुष्य पर इसका छिडकाव हानिकारक हो सकता है

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं